ने दो सौ छब्बीस करोड़ की लागत से राज्य का पहला गैस इंसूलेटेड सब स्टेशन तैयार इससे रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में होगी बिजली की आपूर्ति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

राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी को नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है इस संबंध में कल अधिसूचना जारी की गयी उनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गयी है निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने से नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव लंबित हैं श्री तिवारी ने कहा है कि वे इस सप्ताह पदभार ग्रहण करेंगे

मंत्रालय ने बताया कि एक करोड पांच लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं

इनमें सबसे अधिक पैंतालीस लोग रांची जिले से हैं बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से तीन तीन धनबाद से पांच दुमका कोडरमा साहिबगंज सिमडेगा और गुमला से एक एक मरीज मिले हैं पैंतीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं अबतक राज्य में एक लाख उन्नीस हजार एक सौ सोलह संक्रमित मिल चुके हैं इनमें से एक लाख संत्रह हजार पांच सौ चौहतर लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है कोरोना की वजह से अबतक राज्य में एक हजार अठहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है अभी राज्य में कुल चार सौ चौंसठ एक्टिव केस हैं राज्य में कल तैंतीस हजार पांच सौ बीस लोगों को कारोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन सिर्फ पंद्रह हजार एक सौ अठासी लोगों ने ही टीका लगवाया है अबतक सात हजार तीन सौ निनयानबे स्वास्थकर्मियों को टीका लगाया गया है जबकि लक्ष्य सत्रह हजार चार सौ पचासी लोगों को लगाने का था इसी तरह से सोलह हजार पैंतीस फ़ंटलाइन वर्करों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है लेकिन अबतक सिर्फ सात हजार सात सौ नवासी लोगों को ही टीका लगाया गया है कल बोकारो जिले में सबसे अधिक एक हजार छह सौ तीस लोगों को टीका लगाया गया टीकाकरण का सबसे कम प्रतिशत गढ़वा जिले का है वहां एक हजार चार सौ सतहतर की जगह एक सौ इकतीस लोगों को ही टीका लगाया गया

कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार खरीद में सत्रह दशमलव छह शून्य प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है

मंत्रालय ने कहा कि झारखंड बिहार पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र असम कर्नाटक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सहित सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है

वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी किसानों को आसानी से और समय पर खेती से संबंधित कामकाज के लिए कर्ज उपलब्ध हो सके यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी ताकि ये बीज खाद और कीटनाशकों जैसे खेती में उपयोग होने वाली सामग्रियों की खरीद कर सकें संपोषित कृषि को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों के किसानों की तीन दिवसीय कार्यशाला तुपुदाना में हुई इसमें खूंटी पालकोट रामगढ़ गोला पलामू दुमका पटमदा गुमला नारायणपुर जामताड़ा के दस दस किसान शामिल हुए कार्यक्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक समेत अन्य समाजसेवियों ने संपोषित कृषि और जैविक कृषि पद्धति को मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया खूंटी और पालकोट के किसानों ने अपनी जैविक प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खाद बनाने की विधि साझा की विभिन्न जिलों से आये किसानों ने प्राकृतिक रूप से तैयार अमृत खाद और संपोषित कृषि के फायदे गिनाए और अन्य किसानों को भी संपोषित कृषि के तरीके से खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया वक्ताओं ने बताया कि सखी मंडलों के माध्यम से दीदी बाड़ी योजना और अन्य कृषि बागवानी तथा मनरेगा से जुड़े कृ षि कार्यो को बढ़ावा देकर संपोषित कृषि की दिशा में बेहतर कार्य किये जा सकते हैं

इससे पहले बैंक ने वृद्धि दर शून्य से नीचे सात दशमलव चार प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की थी

चौथी तिमाही में भी वृद्धि दर सकारात्मक दो दशमलव पांच प्रतिशत रह सकती है

बैंक ने अगाह किया है कि ये सभी अनुमान इस बात पर निर्भर करेंगे कि कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी न हो

ताजा समाचार ट्विटर हैंडल

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के टिवटर हैंडल

ढाई वर्षो में बने इस सब स्टेशन पर करीब दो सौ छब्बीस करोड़ रुपये खर्च हुए हैं इस स्टेशन से रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में बिजली की आपूर्ति की जायेगी जीआईसी से नवनिर्मित चार सब स्टेशनों में विद्युतापूर्ति की जायेगी जहां से स्मार्ट सिटी को चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति हो सकेगी

विभिन्न स्कूलों में नामांकन लेनेवाली पांच लाख छियालीस हजार छात्राओं को पोशाक के लिए छह सौ रुपये और किताब के लिए सात सौ पचास और कॉपी के लिए दो सौ रुपये मिलेंगे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से चौरासी करोड़ छिहत्तर रुपये की मांग की है

रांची जिले के एक हजार पांच सौ छियासठ स्कूलों के एक लाख सताइस हजार तीन सौ चौदह विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जायेगी जिलास्तरीय अनुमोदन समिति की कल समाहरणालय सभागार में हई बैठक में इसे मंजूरी दी गयी बैठक में समिति के अध्यक्ष उपायुक्त छवि रंजन ने विभिन्न स्कूलों से आये एक प्रतिशत आवेदनों का रैंडम भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में दिया जायेगा राजधानी रांची में मार्च के पहले सप्ताह से एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू होगा नगर निगम ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल को शहर में दस हजार एलईडी लाइट लगाने का काम सौंपा है वर्तमान में राजधानी में पैंतालीस हजार के करीब स्ट्रीट लाइट लगी है कई नगर निगम क्षेत्र के कई पार्षदों और आम लोगों में अपने इलाके में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की थी इसके मद्देनजर अब शहर के विभिन्न इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू होगा एक मार्च से रांची नगर निगम में विवाह का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जायेगा इसके लिए नगर निगम ने अपने नये भवन के ग्राउंड फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया है वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विवाह का पंजीकरण प्रखंडों में कराना होगा इस संबंध में कल विकास भवन सभागार में नगर निगम के पदाधिकारियों और सभी प्रखंडों के सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया जिला सूचना पदाधिकारी शिव चरण बनर्जी ने बताया कि अब लोग झारसेवा डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट के माध्यम से विवाह निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास पर्षद ने देवघर के वैद्यनाथ मंदिर सहित राज्य के बाइस मंदिरों को आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने पर नोटिस भेजा है वहीं बोर्ड ने राज्य के पांच सौ चौरासी मंदिरों को निबंधन कराने की तैयारी शुरू की है बोर्ड की तरफ से इन मंदिरों को बारह से चौदह फरवरी तक निबंधन कराने के लिए नोटिस भेजा जायेगा न्यास बोर्ड के प्रशासक संजय प्रसाद ने बताया कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में छह सौ अठहतर मंदिर हैं इनमें से सिर्फ चौरानबे ही निबंधित हैं उन्होंने बताया कि देवघर के वैद्यनाथ मंदिर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर सहित बाइस मंदिर प्रबंधन को नोटिस भेजकर पंद्रह दिनों में ऑडिट और आयकर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है इसके अलावा रांची के पहाड़ी मंदिर मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर तथा सर्जना चौक स्थित राम मंदिर ट्रस्ट को निबंधन कराने के लिए नोटिस जारी किया है झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम ने कल शाम रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित बिरहोर कॉलोनी का निरीक्षण किया पतरातू के डाडीडीह स्थित बिरहोर परिवारों की स्थिति देखकर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की बिरहोर लोगों से उन्होंने सरकार से मिलनेवाली सुविधाओं की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने बिरहोर परिवार के बच्चों के बीच खाद्य सामग्री और शैक्षणिक सामग्री बांटी उन्होंने बताया कि यहां रहने वाले बिरहोर लोगों की स्थिति काफी दयनीय है और इसके लिए जिला प्रशासन के लोग जिम्मेवार हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार इस लुप्तप्राय जनजाति को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है लेकिन इसका लाभ इन्हें सीधे रूप से नहीं मिल पा रहा है रांची के ग्रामीण इलाकों से हाईटेंशन तार की चोरी कर उन्हें बेचने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रांसपोर्टर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है रांची वरीय पुलिस अधीक्षक को यह जानकारी मिली थी कि हाईटेंशन तारों को चुराने वाले गिरोह की रांची हरमू इलाके के आनंदपुरी में रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर भी मदद करता है

पुलिस की यह छापेमारी की कार्रवाई मंगलवार देर रात से बुधवार की सुबह तक चली झारखंड की आशा किरण बारला ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है